ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालयव यू ट्यूब चैनलों पर भी इस प्रसारण होगा इसी तरह यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट आई एन और न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध रहेगा योजना सरकार अगले वर्ष जून के अंत तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करेगी कल नई दिल्ली में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस योजना को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसे राशन कार्ड धारकों को भी लाभान्वित करना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं उन्होंने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद मिलेगी शिविर किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनजातीय विधिक सेवाएं व जनधारणा पर कल रिकांगपियो में एक साक्षरता शिविर लगाया गया प्रदेश उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जिसके सचिव एक न्यायायिक अधिकारी है उन्होंने छोटी छोटी घरेलू समस्याओं को पंचायत स्तर पर आपसी मेल झोल से सुलझाने की लोगों से अपील भी की

बिजली दरों में इस बार उद्योगों और कृषि को राहत दी गई है

नई दरें कल एक जुलाई से लागू होगी मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में आज मौसम साफ है कल दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है

हालांकि तीन जुलाई को प्रदेश के कुछ भागों में गर्ज के साथ वर्षा की संभावना है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में एक जुलाई से बिजली की दरें बढ़ने की ख़बर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बिजली उपभोक्ताओं को पांच पैसे प्रति यूनिट का हलका झटका

दिव्य हिमाचल व दैनिक सवेरा टाईम्स का एक जैसा शीर्षक है हिमाचल में मंहगी हई बिजली हिमाचल दस्तक के अनुसार थोड़ी मंहगी हुई बिजली उद्योगों कृषि को राहत

इसी अखबार ने नौणी विश्वविद्यालय भर्ती मामले में सुर्खी दी है चहेतों को भर्ती करने के लिए मनमर्जी से बना दिए नियम मशीनों व उपकरणों की खरीद में अनियमितता मामले में हुई कार्यवाही पर दैनिक जागरण की सुर्खी है निदेशक आयर्वेद की खरीद कमेटी निलंबित आपका फैसला ने स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के हवाले से लिखा है आयुर्वेद विभाग के गढ़बड़ झाले को लेकर होगी जांच

आपका फैसला ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है जल्द दूर होगी ओवरलोडिंग की समस्या शिमला नगर निगम की मासिक बैठक के दौरान पानी के भारी भरकम बिलों पर सदन में हंगामा अजीत समाचार की एक खबर है प्रियंका साहिल हिमाचल की आवाज सीजन सात के विजेता दिव्य हिमाचल की एक खबर है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पहले जत्थे के रवाना होने की ख़बर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है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

नमस्कार